सवाईमाघोपुर जिले के गंगापुर सिटी उपखण्ड मुख्यालय पर निषेधाज्ञा लागू है पैरामिलिट्री सेना के जवान मोर्चा संमाले हुए है इस बीच यहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे है जालौर जिले में आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद है

ऐहतियात के तौर पर बीएसएफ की दो कंपनियां तैनात है

श्री प्रमू ने नई दिल्ली में निर्यात निरीक्षण परिषद के निर्योतकों और उद्योगों से संबंधित तीन पोर्टेलों का लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर खासा ध्यान दे रही है इसके लिए सरकार कृषि उत्पाद निर्यात नीति तैयार कर रही है उन्होंने निर्यातकों और अन्य पक्षकारों से इसे पर सुझाव देने का अनुरोध किया और कहा कि सभी स्तरों पर विचार विमर्श करने के बाद इसे जल्दी जारी कर दिया जाएगा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा के सचिव अनिल स्वरूप ने इस संबंध में तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगातें हये कल एक टवीट में बताया कि दसवीं कक्षा का गणित का पेपर किसी भी राज्य में द्वारा नहीं होगा पेपर लीक की खबरों के बाद सीबीएसई ने पहले कहा था कि इसकी जाँच चल रही है और जरूरी होने पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा में यह परीक्षा फिर से आयोजित की जा सकती है श्री स्वरूप ने कहा है कि प्रारंभिक जांच पड़ताल और छात्रो के हितों को ध्यान में रखते हुये गणित का पेपर दुबारा न कराने का निर्णय लिया गया है

श्री जावडेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रोस्टर के मामले में जो सर्कुलर जारी किया था उस सम्बन्ध में नौ मंत्रियों की बैठक हुई थी और सरकार अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी

रींगस थाने में बैंक प्रबंधन ने मामला दर्ज कराया है

नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ ये प्राधिकरण फिलहाल मिनीरत्न कंपनी है यह जिन हवाई अड्डों का रखरखाव करती है उनमें घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ सेना के हवाई अड्डों पर बने टर्मिनल भी शामिल है

उद्घाटन समारोह भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजकर तीस मिनट से शुरू होगा बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू भारत की ध्वजवाहक होंगी रंगारंग समारोह के साथ शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों से एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी